प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और अमरीका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प के बीच आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में उच्चस्तरीय बैठक हुई

भारत और अमरीका ने तीन समझौतों पर हस्ताक्षर किये हैं इनमें मानसिक स्वास्थ्य तथा चिकित्सा उत्पादों की सुरक्षा के बारे में समझौता ज्ञापन और एलएनजी के निर्यात के लिए एक्सन माबिल तथा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बीच समझौता शामिल है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हैदराबाद हाउस में अमरीकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप से बातचीत के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों ने भारत अमरीका संबंधों को व्यापक वैश्विक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का फैसला किया है बाइट अमेरिका और भारत के संबंध सिर्फ दो सरकारों के बीच नहीं हैं बल्कि पीपुल ड्रिवन हैं पीपुल सेंट्रिक हैं और इसलिए आज राष्ट्रपति ट्रंप और मैंने हमारे संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटिजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया है श्री मोदी ने कहा है कि चौबीस रोमियो हैलीकॉप्टरों की खरीद को भी अंतिम रूप दिया गया है श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ती रणनीतिक भागीदारी को दर्शाता है उन्होंने कहा कि दोनों देश नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए नई व्यवस्था बनाने पर सहमत हुए हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और अमरीका ने आतंकवाद के समर्थकों को भी आतंकवाद का दोषी ठहराने के प्रयास तेज करने का फैसला किया है बाइट पिछले कुछ सालों में हमारी सेनाओं के बीच इंटर ओपरेबिलिटी में अनप्रेजिडेंटिड वृद्धि हुई है इसी तरह हम अपने होम लैंड्स की सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय अपराध से लड़ने के लिएभी सहयोग बढ़ा रहे हैं आतंक के समर्थकों को जिम्मेदार ठहराने के लिए आज हमने अपनेप्रयासों को और बढ़ाने का निश्चय किया है प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि दोनों पक्षों ने रणनीतिक ऊर्जा भागीदारी बढ़ाने का भी फैसला किया है इससे पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी शुरूआती टिप्पणी में कहा कि वे अहमदाबाद में हुए भव्य स्वागत से बहुत सम्मानित अनूभव कर रहे हैं

श्री मोदी ने अमरीका में व्यस्तता के बावजूद भारत यात्रा पर आने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप को धन्यवाद दिया इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डानल्ड ट्रम्प और उनकी पत्नी मलानिया ट्रम्प का आज सुबह राष्ट्रपति भवन में पारंपरिक स्वागत किया गया

अमरीका की प्रथम महिला मलानिया ट्रम्प नई दिल्ली के साउथ मोती बाग में सर्वोदय विद्यालय को देखने पहुंची श्रोमती ट्रम्प ने दिल्ली के इस सरकारी स्कूल में बच्चों से बातचीत की विद्यालय की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी ली और वे पाठ्यक्रम की हैप्पीनैस क्लास में शामिल हुई मलानिया ट्रम्प के स्वागत के लिए सर्वोदय विद्यालय को जगह जगह रंगोली और फूलों से आकर्षक ढंग से सजाया गया था अमरीका की प्रथम महिला के विद्यालय पहुंचने पर उनका अभिनन्दन स्कूल बैंड ने मधुर धुनें बजाकर किया श्रीमती ट्रम्प ने विद्यार्थियों के ज्ञानवर्द्वन के लिए सकारात्मक उदाहरण और कौशल प्रदान करने के लिए सभी शिक्षकों को धन्यवाद दिया

मुझे यह बहुत ही उत्साहवर्द्धकलगा यहां विद्यार्थी हर दिन की शुरूआत पूरे मन से और खुश होकर करते हैं

सरकार का प्रयास है कि प्रदेश के सभी पचहत्तर जिलों में मेडिकल कॉलेज खोले जाये मुख्यमंत्री ने आज विधान परिषद में कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी के एक सवाल का जवाब देते हुए प्रदेश में बन रहे मेडिकल कॉलेजों की जानकारी दी उन्होंने कहा कि विशेषज्ञ चिकित्सकों की चयन प्रक्रिया शुरू हो गई है सरकार ने एमसीआई से मेडिकल कॉलेजों में पोएमएस संवर्ग के डॉक्टरों को अनुभव और योग्यता के आधार पर असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर नियुक्त करने का आग्रह किया है उन्होंने कहा कि अब जो भी चिकित्सक मेडिकल कॉलेजों से पढ़ाई पूरी कर निकलेंगे उन्हें एक निश्चित समय तक ग्रामीण क्षेत्र में सेवाएं देने के लिये बॉड भरना होगा मुख्यमंत्री ने सदन को बताया कि सभी को इलाज मुहैया कराने के लिये चार हजार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर जन आरोग्य मेले आयोजित किये जा रहे हैं उधर विधानसभा में आज प्रदेश की कानून व्यवस्था और पुलिस द्वारा किये जा रहे एनकांउटर को लेकर मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने सरकार से सवाल जवाब किया

सपा और बसपा के सदस्यों ने छुट्टा जनवरों से किसानों की फसलों को हो रहे नुकसान का मुद्दा भी सदन में उठाया जिस पर जल शक्ति मंत्री महेन्द्र सिंह ने बताया कि छुट्टा जानवरों से किसानों की फसलों को कोई नुकसान नहीं हो रहा है और खाद्यान का उत्पादन बढ़ रहा है

विधानसभा में आज बजट पर चर्चा में विपक्षी दल बसपा कांग्रेस और सुहेलदेव राजभर पार्टी के सदस्यों ने हिस्सा लिया

केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने उत्तर पूर्वी दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून के मुद्दे पर हुई हिंसक घटनाओं के बाद वतमान स्थिति पर चर्चा के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता की दिल्ली के उप राज्यपाल अनिल बैजल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और अधिकारियों ने बैठक में भाग लिया

उन्होंने कहा कि गृहमंत्री ने आश्वासन दिया है कि जितनी भी पुलिस बल की आवश्यकता होगी दिल्ली सरकार को प्रदान की जायेगी इससे पहले दिल्ली के उप राज्यपाल अनिल बैजल ने पुलिस आयुक्त को हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए श्री बैजल ने दिल्ली वासियों से हिंसा से दूर रहने तथा शांति और सदभाव बनाए रखने की अपील की उत्तर पूर्वी दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन और विरोध में प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में एक पुलिसकर्मी सहित सात लोग मारे गए प्रदेश की बांगरमऊ विधानसभा सीट से विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया है दुष्कर्म के एक मामले में दोष सिद्ध होने के बाद उनके खिलाफ यह कार्रवाई की गई है

विधानसभा सचिवालय के कार्यालय द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार उन्नाव के बांगरमऊ निर्वाचन क्षेत्र से विधायक चुने गए कुलदीप सेंगर को दिल्ली की एक अदालत द्वारा सजा सुनाये जाने के बाद नियमों के अनुसार अयोग्य घोषित किया गया है

इसी तारोख को दिल्ली की एक अदालत ने कुलदीप सेंगर को उम्रकैद की सजा सुनाई थी

निर्वाचन आयोग ने आज इसकी घोषणा की चुनाव की अधिसूचना छह मार्च को जारी होगी

डुमरियागंज से सांसद जगदम्बिका पाल ने आज सिद्धार्थनगर जिले में चार सम्पर्क मार्गो का लोकार्पण किया यह सम्पर्क मार्ग गोरखपुर जिले से जुड़ने वाले करया और नागढ़ मार्ग पर तथा बलरामपुर जिले से जुड़ने वाले पलिया और परौली रोवापार मार्ग पर तैयार हुए हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के अन्तर्गत सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा लगातार विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है इसी क्रम में मंत्रालय के क्षेत्रीय लोक सम्पर्क ब्यूरो लखनऊ द्वारा आज लखनऊ के सरोजनीनगर विकासखंड के बनी में हिन्दूखेड़ा गांव में रैली और संगोष्ठी का आयाजन किया गया जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया

कार्यक्रम में वक्ताओं ने लोगों को देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लक्ष्य को समझाया और राष्ट्र के सभी राज्यों के बीच आपस में प्रेम भाईचारे और संस्कारों का आदान प्रदान करने पर बल दिया